आज और कल अवकाश के चलते कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया जाएगा

पर्चे भरने के बाद सभी पार्टियों के उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मण्डी संसदीय क्षेत्र के तहत रामपुर इलाके के ननखड़ी में चुनावी रैली को सम्बोधित किया उन्होंने दावा किया कि देश में इस समय भाजपा की लहर चल रही है और पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी जयराम ठाकुर ने कहा कि कोन्द्र में फिर से भाजपा की सरकार बनने पर सेना में हिमाचल रेजीमेंट के गठन के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा

उन्होंने दावा किया कि जनजातीय क्षेत्रों में हुआ विकास कांग्रेस पार्टी की देन है और पूर्व कांग्रेस सरकार ने इन इलाकों में अनेक विकास योजनाएं चलाई वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है और पार्टी ने सशक्त उम्मीदवार उतारे हैं उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा के पक्ष में लोगों से मतदान करने का आग्रह करते हुए दावा किया कि केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि देश के विभिन्न राज्यों में अभी तक हुए लोकसभा चुनाव के तीन चरणों में लोगों ने भाजपा के पक्ष में भारी मतदान किया है ऊना जिले के कुटलैहड़ क्षेत्र में आज जनसम्पर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा को मिल रहे समर्थन से विपक्षी पार्टियों के हौंसले पस्त हो गए हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल अपनी हार को देखते हुए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैक होने का नाटक कर रहे हैं सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज शिमला में जनसम्पर्क अभियान के तहत लोगों से वोट मांगे शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को वे ईमानदारी से निभाएंगे सुरेश कश्यप ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में सड़कों की दशा सुरधारना पर्यटन विकास और सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पिछले पांच वर्ष में करवाए गए अभूतपूर्व विकास को लेकर पार्टी जनता के बीच जा रही है सिंघी राम पूर्व कैबिनेट मंत्री सिंधी राम भाजपा में शामिल हो गए हैं उन्होंने आज रामपुर क्षेत्र के ननखड़ी में भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रैली में अपने समर्थकों सहित पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया

जयराम ठाक्र ने कहा कि सिंघी राम के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी सुरेश चन्देल हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पूर्व भाजपा अध्यक्ष व हमीरपुर से तीन बार सांसद रहे सुरेश चन्देल ने कहा है कि वे पार्टी की निर्णय लेने की क्षमता और कार्यशैली को देखते हुए भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं शिमला में आज एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा में लगातार उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वे राजनीति मे रहकर जनता की सेवा करना चाहते थे और ऐसे में उन्होंने अपना प्लेटफार्म बदला है सुरेश चन्देल ने आरोप लगाया कि भाजपा में जिम्मेदारी के पदों पर बैठे नेता आज निर्णय लेने की स्थिति में नही है सुरेश चंदेल को कांग्रेस ने चुनावी समिति का प्रदेश सह संयोजक बनाया है सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने भाजपा नेताओं को दूसरों को सलाह देने की बजाए अपनी पार्टी सम्भालने की सलाह दी है हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के साथ किसी पद के लिए नहीं जबकि विचारधारा से जुड़े हैं सुखविंदर सिंह ने कहा कि यदि भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज कांग्रेस में आना चाहें तो वे आ सकते हैं मण्डी कांग्रेस मण्डी जिला कांग्रेस ने आयकर रिटर्न न भरने के मामले में भाजपा हाईकमान से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि दूसरों को आयकर का पाठ पढ़ाने वाले अपनी खुद की आयकर रिटर्न नहीं भर रहे हैं उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न न भरना अपराध है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए